मंतूराम पवार अंतागढ़ चुनाव में खड़े हुए छह प्रत्याशियों के साथ आज रायपुर प्रेस क्लब पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों को बताया कि इन सभी प्रत्याशियों को भी धमकी मिली थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए थे इनमें देवनाथ भीम सिंह उसेंडी भोजराज नाग महादेव उसेंडी समंदर नेताम और चुरेंद्र कुमार शामिल थे उन्होंने बताया कि इन छह प्रत्याशियों को एक एक करोड़ रूपये देने की बात कही गई थी लेकिन किसी को पचास हजार तो किसी को चालीस हजार रूपये दिए गए मंतूराम पवार ने आरोप लगाया कि अंतागढ़ टेपकांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा अजीत जोगी और अमित जोगी का हाथ था उन्होंने कहा कि वे चाहतें हैं कि इस मामले की एसआईटी या कोर्ट के माध्यम से जांच हो उन्होंने कहा कि वे अपनी आवाज का वाईस सैंपल देने के लिए भी तैयार है उल्लेखनीय है कि मंतूराम पवार के अलावा अन्य छह प्रत्याशियों ने रमन सिंह अजीत जोगी और अन्य संबंधित लोगों के नाम धमतरी थाने में अट्ठारह सितंबर को एफआईआर दर्ज कराया है साथ ही मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान भी दर्ज कराए हैं इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अंतागढ़ टेपकांड से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व मंत्री राजेश मृणत का कोई लेना देना नहीं है पार्टी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने पत्रकारों से चर्चा करते हए कहा कि मंतूराम पवार अपने आरोपों का कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं उन्होंने कहा कि भाजपा मंतूराम पवार और अन्य के खिलाफ कानूनी पहलू के आधार पर कार्रवाई करेगी दंतेवाड़ा उप चुनाव दंतेवाड़ा विधानसभा उप चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने में अब अड़तालीस घंटे से भी कम समय रह गया है इस सीट के लिए तेईस सितंबर को मतदान होगा सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक लगातार सभाएं ले रहे हैं

सीएम नींव और भाषा पिटारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भिलाई के वैशाली नगर के एक सरकारी स्कूल पहुंचे और शिक्षक बनकर बच्चों को छत्तीसगढ़ी में चलब भौंरा चलाबो कहानी सुनाई उनके कहानी सुनाने का अंदाज बिल्कुल नये लर्निंग आउटकम के तरीकों पर आधारित था इस दौरान उन्होंने जब स्वयं भौंरा चलाया तो सभी बच्चे खुशी से झूम उठे स्कूल शिक्षा विभाग और लैग्वेज लर्निंग फांउडेशन द्वारा आयोजित नींव और भाषा पिटारा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री इस स्कूल में पहंचे थे उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब के लोकार्पण के साथ ही सोया मिल्क का वितरण शुरू किया इसके साथ ही नींव कार्यक्रम संबंधित सामग्री और भाषा पिटारा का विमोचन करते हुए नींव कार्यक्रम की कक्षा का अवलोकन किया इस मौके पर राज्य में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कबाड़ से जुगाड़ मॉडल के अलावा गणित लैब के लिए तैयार विभिन्न सामग्री का प्रदर्शन भी किया गया वर्ल्ड बैंक सुराजी चिराग वर्ल्ड बैंक छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना नरवा गरूवा घुरूवा और बाड़ी विकास योजना के लिए मदद देगा रायपुर के प्रवास पर आए वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड जुनैद कमाल अहमद ने आज रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की श्री अहमद ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के साथ छत्तीसगढ़ के कृषि की दृष्टि से कम विकसित क्षेत्रों में नई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादन में वृद्धि के उपायों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया मुख्यमंत्री ने उन्हें सुराजी गांव योजना नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी विकास योजना की विस्तृत जानकारी दी श्री जुनैद ने खेती किसानी की प्रगति के लिए शुरू की गई इस योजना की सराहना करते हुए विश्व बैंक के माध्यम से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया यहां उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के किसानों की आय में बढ़ोत्तरी के लिए छत्तीसगढ़ एन्क्लुसिव रूरल एण्ड ऐक्सलीरेटेड एग्रीकल्वर ग्रोथ प्रोजेक्ट चिराग परियोजना जल्द शुरू की जाएगी आज मंत्रालय में मुख्य सचिव सुनील कुजूर और विश्व बैंक के कन्ट्री डायरेक्टर जुनैद कमाल अहमद की मौजूदगी में चिराग परियोजना के बारे में अधिकारियों ने जानकारी दी मुख्य सचिव ने बताया कि चिराग परियोजना की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के साथ ही किसानों की आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी नगरीय निकाय चुनाव राज्य में होने वाले नगरीय निकायों के चुनाव के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची में अब इक्कीस सितंबर तक नाम जुडवाया जा सकता है राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव जिनेविवा किण्डो ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब इक्कीस सितम्बर तक दावे और आपतियां प्राप्त की जाएंगी इनका निराकरण चौबीस सितम्बर तक किया जाएगा

केन्द्रीय समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने आज नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठक में यह केन्द्र खोले जाने की मांग रखी सरकार ईपीएफओ केंद्र सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में जमा राशि पर आठ दशमलव छह पांच प्रतिशत के ब्याज दर को मंजूरी दे दी है सूत्रों के अनुसार केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने छह करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए ईपीएफ में जमा राशि पर आठ दशमलव छह पांच प्रतिशत ब्याज दर को अधिसूचित कर दिया है गुड गवर्नेंस प्रदेश में गुड गवर्नेस इनिशिएटिव्ह मॉडल ग्राम पंचायत कार्यक्रम लागू हो गया है इसके तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में जॉब कॉर्ड सात तरह के रजिस्टर वर्क फाइल और नागरिक सूचना पटल के बेहतर प्रबंधन के लिए रोजगार सहायकों और ग्राम सचिवों को प्रशिक्षित किया जाएगा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आरपी मंडल ने इस संबंध में कलेक्टरों को पत्र लिखकर साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में इसे प्राथमिक एजेंडा के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए हैं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के गुड गवर्नेस इनिशिएटिव्ह मॉडल ग्राम पंचायत कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम को पैंतालीस दिनों में छह चरणों में पूर्ण किया जाएगा पहले चरण में मॉडल पंचायत के लिए सभी जिलों में तीन तीन ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन छत्तीसगढ़ के कृषि उपज वनोपज कोसा सहित अन्य उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन देने के लिए कल बीस सितंबर से रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेताओं के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस सम्मेलन का शुभारंभ करने के साथ ही छत्तीसगढ़ उत्पाद ब्राण्ड का विमोचन करेंगे सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी द्वारा किया जा रहा है सम्मेलन में उन्नीस देशों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लगभग बासठ क्रेता और देश के अन्य प्रदेशों से लगभग साठ क्रेताओं तथा प्रदेश से लगभग एक सौ बीस विक्रेताओं के हिस्सा लेने की संभावना है इस आयोजन के तहत बाईस सितम्बर को आम जनता के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी माओवादी गिरफ्तार बीजापुर जिले में बीती शाम सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है इस पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित था इसके पास से एक राइफल भी बरामद की गई है मिली जानकारी के अनुसार मोदकपाल थाना क्षेत्र में केंदीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान गश्त पर निकले थे इसी दौरान भोगला गांव में संदिग्ध व्यक्ति को जवानों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया पूछताछ में पता चला कि यह व्यक्ति जनमिलिशिया संगठन का कमांडर है इस माओवादी पर पुलिस पार्टी पर हमला करने आगजनी हत्या और ग्रामीणों को धमकी देने जैसे कई मामले दर्ज हैं संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में लघु फिल्म मोती बाग को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है इस लघु फिल्म को प्रसार भारती की वित्तीय सहायता से बनाया गया है राज्य में शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन के लिए राज्य स्तरीय आंकलन चौदह अक्टूबर से शुरू होगा इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी कर दिया है